कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को तकनीकी सलाह देने के साथ ही सरकार की योजना और कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाएगी ई पोर्टल प्रदेश के लोगों को नगर और ग्राम निवेश विभाग की विभिन्न सेवाएं आनलाइन देने के लिये पोर्टल शुरू किया गया है सुशासन की दिशा में संचालनालय नगर और ग्राम निवेश द्वारा एनआईसी भोपाल के माध्यम से शुरू किये गये इस पोर्टल से लोगों को मास्टर प्लान जीआईएस मेप पर उपलब्ध हो सकेगा इससे नागरिक अपनी भूमि के सर्वे नंबर के भूमि उपयोग भी आसानी से जान सकेंगे इसके अलावा भूमि उपयोग प्रमाणपत्र लेआउट अनुमंति के लिये आनलाइन आवेदन और साइबर ट्रेजरी के माध्यम से आनलाइन भुगतान कर निर्घोरित समय सीमा में यह सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे यह पोर्टल प्रदेश के सभी शहरों के लिये काम करेगा पहले चरण में राज्य के आठ शहर दमोह बैतूल शुजालपुर सेंघवा मैहर गोहद शहडोल और गंजबासौदा की विकास योजनाओं को जीआईएस नक्शे पर कल से शुरू किया गया है इसके अलावा पंद्रह अन्य शहरों के नागरिक आगामी एक महीने में पोर्टल से सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे पत्रकारिता विवि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर का भूमि पूजन आज होगा

चुनाव तैयारी निर्वाचन आयोग के तीन वरिष्ठ अधिकारी कल भोपाल में प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा करेंगे

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे

जागरूकता वैन प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल होगा मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिये मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जानकारी देने के लिये आगामी दस जुलाई से समी जिलों में जागरूकता वैन पहुंचेगी मतदाता जागरूकता वैन करीब एक महीने तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी शहरों में कस्बों और गांवों में पहुंचकर ईवीएम और वीवीपैट मशीन के उपयोग और प्रकिया की जानकारी देगी वैन द्वारा मतदाता केन्द्र स्थल तक पहुंचकर मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाएगा वैन में लगी एलसीडी से दोनों मशीनों के बारे में जानकारी देने के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन भी किया जाएगा ताकि मतदाता वोट डालने की प्रकिया समझ सके

सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिलों में छिदवाडा खंडवा रतलाम देवास शाजापुर मुरैना सीहोर और रायसेन शामिल है मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले एक सप्ताह के दौरान अच्छी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग के अनुसार इस बीच उज्जैन ग्वालियर चम्बल छतरपुर रीवा सतना सीधी पन्ना और उमरिया जिलों में अनेक स्थानों पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है इस दौरान पूर्वी मध्यप्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश भी होसकती है

वे छियहत्तर वर्ष के थे उनका अंतिम संस्कार कल टीकमगढ़ में होगा